मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नई टिहरी में लोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों की अहम बैठक लीसेवा कार्यक्रम वाहन को किया रवाना राजभवन में बिखरी बसंत की छटाराज्यपाल ने दो दिवसीय बसंतोत्सव का किया शुभारंभ

इनमें उत्तराखंड छत्तीसगढ़ गोवा हरियाणा हिमाचल प्रदेश झारखंड मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं इन राज्यों के लोग पहली बार फ्री डिश पर अपने राज्य का दूरदर्शन चैनल देख सकेंगे

उन्होंने कहा कि इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पांच चैनल शामिल हैं यह क्षेत्रीय संस्कृतियों को मजबूत करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा स्लग निर्वाचन बैठक टिहरी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नई टिहरी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या की अध्यक्ष्ता में बैठक हुई जिसमें उन्होंने चुनाव की प्ररम्भिक तैयारियों की समीक्षा की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि से मतदाताओं के नाम को सूची में जोड़ा जा सकता है लेकिन सूची में दर्ज नाम को हटाया या संशोधित नहीं किया जा सकता उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि आदर्श आचार संहित लागू होने की तिथि से इसका कड़ाई से पालन करवाया जाए

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता जागरुकता अभियान के तहत सूचना सेवा कार्यक्रम वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस वाहन के जरिए मतदाताओं को उनके मत का मूल्य लोकतंत्र की मजबूती के बारे में जानकारी दी जाएगी

स्लग नितिन गडकरी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर ऑल वेदर रोड के अन्तर्गत लंगसी से पैनी बैंड तक लोनिवि की जो पुरानी सड़क बनी हई है उसे ऑल वेदर रोड से जोड़ने और चुंगी से ओ एम जी तक बाईपास बनाये जाने का अनुरोध किया है

स्लग विकासनगर योजनाएं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए समाज के हर वर्ग के लोगों से सुझाव लेकर सरकार कार्य कर रही है

साइंस सिटी बनाने के लिए केन्द्र से स्वीकृति मिल चुकी है

उन्होंने कहा कि विकासनगर हर्बटपुर में सीवर लाईन और सफाई की योजना बनाई जायेगी छोटा पत्थर यमुना नहर से कुमेट तक लिफ्ट सिंचाई योजना भी पूरी की जायेगी स्लग धन सिंह रावत पौड़ी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा है कि राज्य और केन्द्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं उन्होंने कहा कि महिला हर क्षेत्र में अग्रणी रहे यही सरकार की मंशा है शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डॉ धन सिंह रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र पौड़ी का भ्रमण किया और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की

इसके अलावा उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया

राज्यपाल ने इस अवसर पर डाक विभाग द्वारा निर्मित अकरकरा पुष्प के विशेष कवर को लॉन्च किया और देहरादून डाक प्रमण्डल द्वारा लगाई गई डाक टिकट प्रदर्शनी का भी उदघाटन किया राज्यपाल ने कहा कि पुष्प प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य स्थानीय काश्तकारों को पृष्य उत्पादन के लिये प्रोत्साहित करना है इस दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुई पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले दिव्यांग बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया वहीं छात्र छात्राओं ने योग मुद्राओं पर अधारित मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने खुखरी नृत्य और आईटीबीपी के जवानों ने जूड़ों कराटे की कला का भी प्रदर्शन किया गया

इस मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री ने बताया कि यह देश का प्रथम सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट होगा इसकी लागत हजार रुपये करोड़ है

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य की बिजली जरूरते पूरी होने के साथ ही निवेश के संसाधन भी बढ़ेगे

होलिकोत्सव के पहले दिन शास्त्रीय रागों पर आधारित होली का आयोजन हुआ जिसमें कलाकारों ने बूज की प्रसिद्ध फूलों की होली का गायन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया संस्कृति रंगकर्मी निर्मल पंत ने कहा कि अल्मोड़ा में शास्त्रीय राग ड्मरी पर आधारित होली गायन होता है और आने वाली पीढ़ी इसका अनुसरण कर रही है

इन पोस्टकार्डों को दिव्य संवाद नाम दिया गया है जिससे वे मतदान करने के लिए प्रेरित हो सके